उच्चतम न्यायालय ने आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में प्रस्तवित संशोधनों पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है जिसमें अन्सूचित जाति या अन्सूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार के आरोपी को अग्रिम ज़मानत नहीं देने का प्रावधान रखा गया है

पीठ ने ये मामलों मुख्य न्यायधीश को उस बैंच के पूर्नगठन के लिये दे दिया है जिसमें न्यायमूर्ति यू यू लतिल भी शामिल थे

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज कहा कि सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिये अनेक कदम उठाए है उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लागू होने के उपरान्त बालिका सशक्तिकरण के लिये सामाजिक बदलाव देखे जा सकते है मंत्र नई दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना की वर्षगांठ की आयोजित समारोह में बोल रही थी आज का दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर भी मनाया जा रहा है श्रीमती गांधी ने कहा कि वर्तमान सरकार की प्रयासों के चलते पंजाब व हरियाणा सहित अन्य कई राज्यों में भी बाल लिंग अन्पात मे काफी हद तक स्धार आया है उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने वालों के प्रयासों के लिये आभार व्यक्त किया

ये एक केन्द्रीय योजना है जिसमें जिला स्तर पर शत प्रतिशत वितीय सहायता दी जाती है औ इससे सम्बधित धनराशि जिलाधिकारी और उपाय्क्त सीधे जारी करते है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल प्रस्कार के विजेताओं से मुलाकात की बच्चों ने अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया और अपनी प्ररेणादायक किस्से सांझज्ञा किए श्री मोदी ने विजेताओं की सराहना कर उनहें बधाई दी उन्होंने कहा कि ये प्रस्कार मेधावी छात्रों को पहचान के अवसर पर प्रदान करते है अन्यों के लिये प्ररेणा देने का कार्य करते है प्रधानमंत्रीने बच्चों को प्रकृति से जुड़े रहने का आहवान भी किया उन्होंने बच्चों के साथ क्छ हल्के फ्लके पली भी बिताए

हरियाणा के ग्रूग्राम के उल्लाहवास गांव में आज सुबह चार मंजिला निमार्णाधीन इमारत गिरने से लोगों की मृत्यु हो गई जिनमें से पांच की पहचान कर ली गई है

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस हमारत में करीब आठ लोग रह रहे थे

पंचक्ला को ओडीएफ प्लस का दर्जा मिल गया है निगम को इसके लिये प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है नगर निगम प्रशासक रमेश जोगपाल ने बताया कि ओडीएफ प्लस रैकिंग हासिल करने के से निगम ने ओ डी प्लस प्लस के लि आवेदन प्रक्रिया श्रू कर दी है

जोगाल ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में फीडबैक लेने का काम चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्र द्वारा हरियाणा को एक राज्य स्तरीय व तीन जिला स्तरीय प्रस्कार दिये गये है हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कविता जैन ने ये जानकारी देते हये कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार दवारा सतत रूप से प्रयास किए जाते रहेंगे

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम में सर्वागीण सहायता मार्गदर्शन मॉनिटरिंग व लक्ष्य प्राप्ति के लिए हरियाणा राज्य को प्रदान किया गया राज्य स्तरीय प्रस्कार हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कविता जैन ने राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी से ये प्रस्कार प्राप्त किया राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह को संबोधन के दौरान हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कविता जैन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम को सबसे महत्वप्रर्ण सामाजिक अभियान की संज्ञा दी उन्होंने कहा कि हरियाणा सदैव गर्व करेगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा की धरती से इस अभियान का श्रभारंभ किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर किए गए ठोस प्रयासों व नीतिगत परिवर्तनों के परिणामस्वरूप हरियाणा प्रदेश का असंत्लित लिंगान्पात उल्लेखनीय रूप से संत्लित हआ है

मेले का उदघाटन राज्य के म्ख्य मंत्री मनोहर लाल व महाराष्ट्र के म्ख्य मंत्री देवेन्द्र फड़नवीस करेंगे महानिदेशक ने ये जानकारी मेले के सफल आयोजन के लिये सूरजकूंड में अधिकारियों की बैठक लेने के बाद दी उन्होंने मेले की तैयारियों का जायज़ा लिया व पूरे मेला परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए